महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को भी कहा अगले तीन दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश मुख्य सचिव ने कहा राज्य में जल्द ही आम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर योजना शुरू होगी प्रदेश में आज से कांवड़ यात्रा शुरू कांवडिये पवित्र गंगा जल लेने के लिये हरिद्वार पहंच रहे हैं बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृपोषण से बचाने के लिए उन्हें प्रर्देश के स्थानीय उत्पादों जैसे मंड्रआ भट्ट घी गूड़ और चौलाई का पका हुआ आहार दिया जाता है समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत टेक होम राशन और कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार ऊर्जा की प्रगति की समीक्षा के दौरान श्री रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों की कृपोषण जांच की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में भोजन और पोषाहार उपलब्ध करवाने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं संस्थाओं से स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करवाने को भी कहा बैठक जारी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर बल देते हुए मुख्यमत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि इस साल आठ हजार नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन की अच्छी तकनीक और पैकेजिंग का प्रशिक्षण देने को भी कहा मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में निर्धन परिवारों में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके स्वास्थ्य सुधार और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए

मौसम मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है

मौसम विभाग का कहना है कि इस अवधि के दौरान राज्य के शेष हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए पहाड़ी अंचलों में आवाजाही करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है इस बीच भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सतर्क कर दिया गया है बारिश के दौरान जन जीवन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा और दूर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिला प्रशासन को लिखे पत्र में राज्य आपदा परिचालन केंद्र के प्रमुख निजी सचिव ने नदी नालों के सामने रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा है साथ ही उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों को आवागमन की अनुमति न देने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से प्रदेशभर में रूक रूककर मध्यम से तेज बारिश हो रही है समूह प्रशिक्षण ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में गठित स्वयं सहायता समूहों को सुक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं छह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हैदराबाद से आए प्रशिक्षक योजना के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाया जा रहा है इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर महिलाओं का समूह गठित किया जाता है

इन समूहों को चक्रीय कोष दिया जाता है जिससे वह अपनी बचत की क्षमता का विकास करती हैं इसके बाद उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है उनको बैंकों से जोड़ते हुए सुख समृद्धि सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाती है जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनकी आजीविका के नए साधन विकसित किए जाते हैं उड़ान योजना मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में जल्द ही आम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर योजना शुरू होगी

सभी निजी हवाई सेवा संचालकों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय डीजीसीए द्वारा संचालित की जाएगी

तीर्थनगरी हरिद्वार पूरी तरह से कांवड़ के रंग में रंग गई है बम बम भोले की गूंज के बीच कांवडियों के समूह पवित्र गंगा जल लेने के लिये हरिद्वार पहुंच रहे हैं इस बार कांवड़ियों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है इसे देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं हरकी पैड़ी समेत कई स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है इसके अलावा ड्रोन से भी मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है इस बीच उत्तर रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और कांवड़ियों की सुविधा के लिए दो ट्रेनों को हरिद्वार तक बढ़ाने का फैसला किया है यह व्यवस्था नौ अगस्त तक के लिए की गई है उन्नति योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन कल्याणकारी योजना सबके लिए सस्ते बल्ब यानी उन्नति योजना को खूब लोकप्रियता मिल रही है

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल ने उजाला कार्यक्रम के तहत सस्ते बल्बों का निर्माण कर इन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है

उन्नति योजना ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राजधानी देहरादून में भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में एलईडी बल्ब लगाएं हैं

प्रतिभा सम्मान पुरस्कार चम्पावत जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज हाईस्कूल और इंटर की कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों में आत्मबल अनुशासन और आत्म सम्मान होना जरूरी है उन्होंने कहा कि शॉर्टकट सफलता नहीं दे सकती दीर्घकालीन योजना बनाकर ही सफलता मिलेगी इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी

एक समाचार एजेंसी के अनुसार ऋषिकेश स्थित एम्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है